आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखे ग्रष्टपति अभिभाषण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि हमारा संविधान हमें जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है वहीं यह अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे कायदे कानुनों का भी उतनी ही निष्ठा से पालन करें राष्ट्रपति ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हए कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित कृषि संबंधी तीनों कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को और ज्यादा अधिकार और शक्तियां हासिल करने में मदद करना है

श्री कोविंद ने कहा कि जहां एक ओर जनता को महामारी से बचाने के प्रयास लगातार जारी हैं वहीं देश की अर्थव्यवस्था महामारी से हुए न्कसान से उबर रही है

इसमें सरकारी खर्च में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था की विकास दर में स्धार होने का संकेत दिया गया है

सर्वेक्षण में कहा गया है कि निर्यात और सरकारी उपभोग में बढ़ोतरी होने से अर्थव्यवस्था में गिरावट का सिलसिला रोकने में मदद मिलेगी इसमें यह भी बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर सात दशमलव सात प्रतिशत रहने का अन्मान है

आर्थिक सर्वेक्षण में कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने का विस्तार से विश्लेषण किया गया है सीएम पौडी म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकारी योजनाओं से जनमानस को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने के लिए मैकेनिजम बनाने के निर्देश दिये हैं आज पौड़ी जिले के भ्रमण के द्रसरे दिन उन्होंने पौड़ी में अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की उन्होंने विकास कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिये उन्होने कहा कि जल्द ही बहउददेशीय शिविरों के आयोजन की शुरूआत की जायेगी मुख्यमंत्री ने पौड़ी में जिला योजना के तहत स्वरोजगार के क्षेत्र में किये जा रहे विकास कार्यो को बेहतर बताया जबकि राज्य योजना केन्द्र पोषित में और स्धार लाने के लिए मण्डलाय्क्त रविनाथ रमन और जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि जिलों का प्रवास करने के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत हो पा रही है और उनके सुझाव मिल रहे हैं

वर्चअल विवि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार देश में वर्चअल विश्वविदयालय स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इन विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी श्री निशंक ने सभी संबंधित मंत्रालयों और संगठनों को निर्देश दिए हैं कि वे नई शिक्षा नीति के स्चारू क्रियान्वयन में तेजी लाएं बायो डीजल कंभ हरिदवार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत इस्तेमाल किए गए क्रिंग तेल से हरित ईंधन यानि बायो डीजल का उत्पादन किया जाएगा इस सम्बंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के लिए नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने निर्देश दिये हैं अभिहित अधिकारी खादय सुरक्षा कृंभ आरएस रावत ने बताया कि बायो डीजल या हरित ईंधन नये य्ग की स्वास्थ्य की दिशा में क्रांति है उन्होंने कहा कि एक ही कुकिंग ऑयल को तीन बार से अधिक प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है इससे बचने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर और विभाग की निगरानी में हरिदवार में इसकी शुरुआत हो चुकी है सरकार की ओर से अधिकृत कंपनी हरिद्वार के होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों से ऐसे रिय्ज्ड ककिंग आयल को एकत्रित करने का काम कर रही है इसके लिए आज ऐसे कारोबारियों को कैन भी दिया गया है

इसको रिसाइकिल कर औद्योगिक प्रयोजन में इस्तेमाल किया जाएगा

बायो फ्यूल से पर्यावरण के संरक्षण के साथ ही लोग सेहतमन्द भी होंगे कृंभ के दृष्टिगत इस कार्य में तेजी लाई जा रही है

इस हॉस्पिटल में बर्न यूनिट आई सी यू इमरजेंसी मेडिकल रूम और ओ पी डी की सुविधा भी है बीस सुत्रीय कार्यक्रम राज्य स्तरीय बीस सुत्रीय कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष शेर सिंह गढ़िया ने टिहरी जिले के जिला टास्कफोर्स से सम्बंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जिला टास्क फोर्स समिति के सदस्यों के अनुरोध पर उन्होंने समिति का प्नर्गठन किए जाने की भी बात कही श्री गढ़िया ने समीक्षा के दौरान पीएमजीएसवाई के अधिकारियों की आधी अध्री तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित होने पर नाराजगी जाहिर की और अन्पस्थित अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को जिले के द्रस्थ गांवों में स्वास्थ सुविधाओं को आमजन तक पहंचाने के लिए कैंपों के आयोजन के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित हो रही विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ समाज के हर एक नागरिक तक पहंचाना सरकार का लक्ष्य है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा राष्ट्रीय सड़क स्रक्षा अभियान के तहत सड़क द्र्घटनाओं की रोकथाम के लिए आज चमोली जिले के स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया राजकीय इंटर कॉलेज लंगास् के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकालकर आम लोगों को सड़क स्रक्षा को लेकर यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया ताकि पहाड़ों पर हो रही सड़क द्र्घटनाओं पर अंकृश लगाया जा सके इससे पहले सड़क स्रक्षा विषय पर स्कूल में निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया

ईशा धामी बागेश्वर जिले की ईशा धामी ने राष्ट्रीय कला उत्सव में एकल गायन पर प्रदेश को पहला स्थान दिलाया है

बागेश्वर जिले के मंडलसेरा निवासी ईशा धामी की पारंपरिक फोक कुमाऊंनी गढ़वाली और हिंदी गायन में विशेष रुचि है कला उत्सव की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने प्रदेश की संस्कृति और परंपरा से ज्ड़ा शकनाखर स्वा रे स्वा बनखंडी स्वा जा स्वा नगरिन न्यूत दी आ का गायन किया ऑनलाइन माध्यम से हई प्रतियोगिता में उनके गाए गीत को निर्णायकों के सर्वाधिक अंक मिले इस उपलब्धि पर ईशा काफी ख्श है शक्नाखर शादी विवाह जनेऊ नामकरण सहित अन्य श्भ अवसरों पर गाया जाने वाला पारंपरिक गीत है श्भ कार्यों की श्रूआत गणेश पूजा से की जाती है